्नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज भी राज्यभर में हुई कई गतिविधियां ्र प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ कल से एक बार फिर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान होगा शुरू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

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना गांवों में अनेकों विवादों को खत्म करने का बड़ा माध्यम बनेगी और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी

चुनाव में मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहने की उम्मीद है दोनो पार्टियों में दावेदारों ने टिकिट के लिये अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पार्टी में गुटबाजी को खारिज करते हुये कहा है कि कांग्रेस में टिकिट वितरण को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कहा कि पार्टी का संगठन चुनाव के लिये तैयार है और एकजुट होकर चुनाव लड़े जायेंगे

बालिकाओं के संरक्षण उनके सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है इस साल की बालिका दिवस की थीम हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य रखी गई इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के इम्पेक्ट एप यानि इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट एप की शुरूआत की गई चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि इस एप का उद्देश्य पीसीपीएनडीटी कानून के तहत की गई कार्रवाई और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान बनाना है इस मौके पर उन्होने लिंगानुपात में अंतर को लेकर चिंता जताते हुये कहा कि सरकार इसे सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है बालिका दिवस के अवसर पर जयपुर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई इसमें विभिन्न संगठनों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया

पाली में नगर परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली बालिकाओं का सम्मान किया झुन्झुन् में लाडो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने जिले में बालिकाओं का लिंगानपात सुधारने के लिये लोगों से अपील की

स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है

कोविड से मृत्यु दर एक दशमलव पांच चार प्रतिशत के साथ विश्व में सबसे कम है

उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की सलाह दी है संडे संवाद की पांचवीं कड़ी में उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल न बरतें

इस कड़ी में आज प्रदेश की नामी वॉलीबाल खिलाड़ी रमा पाण्डे ने लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिये प्रधानमंत्री के तीन सुत्रीय संदेश को अपनाने की अपील की

नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अभियान के तहत सब्जी मण्डी में ग्राहकों को मास्क पहनकर घर से निकलने की सलाह दी गई श्रीगंगानगर में कचरा उठाने वाले वाहनों पर लाउड स्पीकर के जरिये लोगों को जागरूक किया गया

पुलिस ने बताया कि शहर के कालीपलटन इलाके में यह कार्रवाई की गई पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है मौके से बड़ी संख्या में देसी हथियार भी जब्त किये गये हैं

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने बताया कि आने वाले त्यौहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने के लिये यह अभियान चलाया जायेगा

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है सनराइजर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया टीम ने निर्धारित ओवरों में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिये एक सौ उनसठ रनों का लक्ष्य दिया है